प्रधानमंत्री ने श्री विदोदो के साथ रक्षा समुद्री सहयोग और अंतरिक्ष में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की और हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में अपने विचार साझा किए

प्रधानमंत्री ने आज ब्राजील सिंगापुर और चिली के राष्ट्रपतियों से भी मुलाकात कर व्यापार और निवेश बढ़ाने पर विचार विमर्श किया अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रूस के राष्ट्रापति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से हुई मुलाकातें शामिल हैं मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी के दसरे कार्यकाल में यह पहला मन की बात कार्यक्रम है

सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने अपील की है कि लोग मन की बात कार्यक्रम को सने तथा दसरों को इसे सुनने के लिए प्रेरित करें एक वीडियो संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा कि यह एक अनूठा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित बनाना है

गौरतलब है कि हाल ही में इन्दौर में नगर निगम द्वारा हटाये जा रहे अतिक्रमण के कार्य में बाधा डालने के मामले में आकाश विजयवर्गीय को गिरफ्तार किया गया है जिसकी जमानत याचिका पर विशेष न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश सिंह सुनवाई कर रहे हैं कल इस मामले में सुनवाई शुरु होने के बाद न्यायाधीश ने इस मामले की केस डायरी इंदौर से लाए जाने के निर्देश दिए थे महिला सशक्तिकरण महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति का मसौदा तैयार किया है महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कल लोकसभा में बताया कि मसौदे में एक ऐसे समाज की कल्पना की गई है जिसमें महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता के अनुसार विकसित होने का अवसर मिले और वे हर क्षेत्र में पुरूषों के साथ बराबर की भागीदारी बन सकें श्रीमती ईरानी ने कहा कि इस मसौदे में महिलाओं की जरूरतों के समाधान के लिए स्वास्थ्य खाद्य सुरक्षा पोषण शिक्षा शासन और निर्णयकारी प्रक्रिया महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन जैसे प्राथमिक क्षेत्रों को शामिल किया गया है समावेशन कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पांच वर्ष की योजना शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेशन कार्यक्रम जारी कर दिया है एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद इस योजना को तैयार किया गया है कार्यक्रम में उत्कृष्टता को बढावा देने शासन सुधारों रोजगार प्रदान करने की क्षमता और उद्यमशीलता उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय संसाधन क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां शामिल हैं वरिष्ठ शिक्षाविदों प्रशासकों और उद्योगपतियों के प्रतिनिधित्व वाले विशेषज्ञ समूहों ने पचास से अधिक पहल का सुझाव दिया है जिनसे उच्च शिक्षा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आएगा मौसम मौसम विभाग ने अगले चौबीस घण्टों में भोपाल रायसेन राजगढ़ विदिशा सीहोर होशंगाबाद बैतूल और हरदा जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश का अनुमान जताया है जबकि विभाग के अनुसार सागर पन्ना टीकमगढ़ दमोह छतरपुर उमरिया अनूपपुर जबलपुर नरसिंहपुर छिन्दवाड़ा इन्दौर धार खंडवा खरगोन देवास सहित कई जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारे पड़ने की संभावना जताई गई है कल भोपाल सहित होशंगाबाद जबलपुर संभाग के अधिकांश इलाको में मानसून की बारिश हुई जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया

इसके अंतर्गत ग्रामों में कचरा संग्रहण किया जायेगा